मुख्यमंत्री ने ये घोषणा आज बागाचनोगी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए की

मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कहा कि इस क्षेत्र के लोगों ने पिछले दो दशकों में उन्हें पूर्ण समर्थन दिया है इसी के चलते वह इस क्षेत्र के लोगों की आशाओं के अनुरूप कार्य कर रहे हैं मुख्यमंत्री ने कहा कि इस द्रदराज क्षेत्र में सड़कों के निर्माण को विशेष प्राथमिकता दी जा रही है जयराम ठाकुर ने क्षेत्र में विकास की गति में और तेजी लाने के लिए लोगों से सहयोग की अपील की सुरेश भारद्वाज शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा है कि प्रदेश सरकार द्वारा डिजिटल तकनीक के माध्यम से विद्यार्थियों के शिक्षा के क्षेत्र में लाभान्वित करने के प्रभावी प्रयास किए जा रहे हैं इससे बदलते परिवेश में शिक्षण कार्यों में और अधिक गति लाई जा सकेगी सुरेश भारद्वाज शिमला के लक्कड़ बाज़ार स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला के वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह के मौके पर बोल रहे थे उन्होंने स्कूल में दो डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम का भी शुभारम्भ किया इन स्मार्ट क्लासरूम के माध्यम से विद्यार्थी घर बैठे भी शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे बिंदल विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा है कि अखण्ड और समृद्ध भारत के निर्माण में गोरखा समुदाय का अभूतपूर्व योगदान है बिंदल आज नाहन केंट में आयोजित सिरमौर जिला गोरखा एसोसिएशन के स्वर्ण जयंती समारोह के मौके पर बोल रहे थे उन्होंने कहा कि गोरखा रेजिमेंट दुश्मन को घर में घुस कर मारने के लिए पूरी दुनिया में विख्यात है तथा गोरखा समुदाय का इतिहास और संस्कृति दोनों अत्यंत समृद्ध हैं बिंदल ने ये भी कहा कि सिरमौर जिला का गोरखा समुदाय अपने उच्च आदर्शों को लेकर समाज के हर वर्ग के साथ बेहतरीन तालमेल बनाकर समाज और राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका निभा रहा है राजीव सैजल सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल ने कहा है कि प्रदेश सरकार समाज के कमजोर वर्गों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए कृतसंकल्प है इसके लिए सरकार ने विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं आरम्भ की हैं सैजल आज कसौली विधानसभा क्षेत्र के धर्मपुर में पात्र लाभार्थियों को ऐच्छिक निधि के तहत धनराशि वितरित करने के मौके पर बोल रहे थे उन्होंने दावा किया कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने दो वर्ष के शासन काल में राज्य का संतुलित विकास सुनिश्चित बनाया है उन्होंने ये भी कहा कि सरकार वरिष्ठ नागरिकों की सामाजिक सुरक्षा पैंशन के लिए आयुसीमा और घटाने पर विचार कर रही है ताकि अधिक से अधिक बुजुर्ग इससे लाभान्वित हो सकें सैजल ने बाद में परवाणु के बायला से संधोग संपर्क मार्ग पर परिवहन निगम की बस को हरी झण्डी भी दिखाई स्थापना दिवस वन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने वैज्ञानिकों का आहवान किया कि वे अपने शोध को किसानों तक पहुंचाने के लिए प्रभावी कदम उठाएं उन्होंने भविष्य के वैज्ञानिकों को भी सलाह दी कि वे भी अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार करें ताकि लोगों को भी इसकी जानकारी मिल सके

उन्होंने विश्वविद्यालय की सराहना करते हुए कहा कि ये संस्थान अपने कार्य को बखूबी अंजाम दे रहा है गोविंद ठाकुर ने कहा कि विश्वविद्यालय में खेलों को बढ़ावा देने का भी प्रयास किया जाएगा बिक्रम ठाकुर उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर ने युवाओं का आहवान किया कि वे सरकार द्वारा चलाए जा रहे नशा विरोधी अभियान के दूत के रूप में काम करें और खेलों में हिस्सा लेकर नशे से दूर रहें बिक्रम ठाकुर आज जसवां परागपुर विधानसभा क्षेत्र की बठड़ा और बस्सी ग्राम पंचायतों में आयोजित संवाद कार्यक्रमों के बाद जनता को संबोधित कर रहे थे संवाद कार्यक्रम में बिक्रम ठाकुर ने जन समस्याएं सुनीं और इनके हल के अधिकारियों को निर्देश दिए उद्योग मंत्री ने युवाओं द्वारा ग्रामीण स्तर पर व्यायामशालाओं की मांग करने की भी सराहना की और कहा कि इससे युवाओं को नशे से दूर रखा जा सकेगा